हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता रद्द करने के फैसले के जेजेपी नेता नैना चौटाला व तीन अन्य ने उच्च न्यायालय में चूनौती दी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहत बड़ा तोहफा है और इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

लेकिन अगले दस वर्षो में जम्मू कश्मीर देश का सबसे अधिक विकसित क्षेत्र होगा

यह रेलगाड़ी अम्बाला कैंट लुधियाना और जम्मू तवी स्टेशनों पर दो दो मिनट रूकेगी

मंगलवार को छोड़कर यह रेलगाड़ी सप्ताह के सभी दिन चलेगी इस तेज र फ्तार रेल गाड़ी से दिल्ली और कटरा के बीच का यात्रा में कम समय लेगा

राजस्व एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन भी इस अवसर पर उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली कटरा वंदे भारत एकसप्रेस की शुरूआत को वैष्णो देवी के श्रद्वालुओं के लिए नवरात्र का उपहार बताया है श्री मोदी ने एक टिवीट में कहा कि यह जम्मू कश्मीर के मेरे भाईयो और बहनों के साथ साथ मां वैष्णो देवी के श्रद्वाल्ओं के लिए नवरात्र का तोहफाहै उन्होंने कहा कि इस रेलगाड़ी के चलने से रेल सम्पर्क में सुधार होगा और आध्यात्मिक पर्यटन को बढावा मिलेगा दिल्ली से कटरा जाने वाली तेज़ गति बंदे भारत रेल का आज हरियाणा के अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पहंचने पर रेलवे अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया रेलगाड़ी में केन्द्रीय रेल मंत्री सुरेश अघड़ी भी मौजूद थे अम्बाला छावनी स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे रेल राज्य मंत्री ने बताया कि यइ गाड़ी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चूनाव के लिए बाकी छ उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है

जारी की गई नई सूची के अनुसार वेनू सिंगल अग्रवाल को अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र बिशन लाल सैनी को रादौर और मेवा सिंह को लाइवा हल्के से चुनाव मैदान में उतारा गया है पार्टी ने असंध से शमशेर सिंह विर्क फतेहाबाद से प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा और बरवाला से भूपेन्द्र गंगुआर को टिकट दिया है जननायक जनता पार्टी ने पांच उम्मीदवारों की एक ओर सूची जारी की है पार्टी ने पंचकूला से अजय गौतम असंध से बूज शर्मा और बरवाला से जोगी राम सेहार को टिकट दिया है जबकि बाढ़डा से नैना चौटाला और पृथला से शशि बाला को चुनाव मैदान में उताराहै

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता रद्द करने के फैसले को जननायक जनता पार्टी नेता नैना चौटाला व तीन अन्य ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है याचिका में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि मात्र मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना फैसला सुनाया है जो न्याय संगत नहीं है इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी विधानसभा अध्यक्ष ने नैना चौटाला राजदीप फौगाट अनूप धानक पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को आयोग्य करार दिया था पहले ये इनेलो के विधायक थे तथा विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद इनमें से चार जेजेपी और एक कांग्रेस में शामिल हो गया था हरियाणा में आज लगभग प्रत्येक विधानसभ क्षेत्र में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारोंने नामांकन पत्र दाखिल किये महेन्द्रगढ़ से राम बिलास शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किये सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कविता जैन और राई व गोहाना के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया सोनीपत से इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल मौजूद रहे बीजेपी उम्मीदवार मनमोहन बडोली का नामांकन भरवाने के लिए कृषि राज्य मंत्री प्रूशोतम रूपाला पहंचे गोहाना से बीजेपी उम्मीदवार तीर तराना और कांग्रेस के उम्मीदवार जगबीर मलिक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया यमुनानगर में भाजपा उम्मीदवार घनश्याम दास अरोड़ा और जगाधरी से विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर कांग्रेस उम्मीवार अकरम खान व बसपा प्रत्याशी आदर्श पाल ने नामांकन पत्र भरा यम्नानगर में आज इनेलो उम्मीदवार पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र भरा

कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कैथल से नामांकन पत्र दाखिल किये पलवल से आज कांग्रेस के करन दलाल ने नामांकन भरा कालका विधानसभा हलका से भाजपा प्रत्याशी लतिका शर्मा ने नामांकन भरा इस मौके पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद मौजूद रहे

हलका कालांवाली से राजिंद्र देसुजोधा और डबवाली से डॉ सीता राम पूर्व विधायक द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओमप्रकाश चौटाला और अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल भी मौजूद रहे अभय सिंह चौटाला ने भी अपने समर्थकों के साथ हलका ऐलनाबाद से नामांकन पत्र भरा